मंत्रियों के दो समितियों का किया गया गठन

और प्रदेश में पन्द्रह जून के बाद मॉनसून का होगा प्रवेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार बढ़ाने और विकास मे तेजी लाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही देश में आर्थिक विकास निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री ने दो नयी मंत्रिमंडल समितियां गठित की है सरकारी सूत्रों के अनुसार निवेश और विकास के बारे में पांच सदस्यों वाली इस मंत्रिमंडलीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं रोजगार और कौशल विकास के बारे में मंत्रियों की दस सदस्यों वाली एक और समिति भी गठित की गई है इस समिति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौशल और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और आवास तथा शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह प्री शमिल हैं समिति में अमित शाह निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल और नितिन गडकरी भी शामिल है केन्द्रीय कैबिनेट ने इन समिमियों के गठन की मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति के नाम लिख देता है तो उसे अवैध नहीं माना जायेगा कोर्ट ने यह निर्देश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार मुम्बई की एक महिला ने अपने पति की वसीयत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि जिस व्यक्ति के नाम वसीयत की गयी है वह पड़ोसी है तथा परिवार की सदस्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने महिला के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस वसीयत को अवैध नहीं माना जा सकता है राज्य सरकार पचास के उम्र पार कर चूके सभी दृष्टिबाधितों को मुफ्त चश्मा देगी समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने बताया कि आधार कार्ड का नम्बर इंटी कर द्रष्टिदोष से पीड़ित लोगों की आंखों की जांच की जायेगी और उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है इसे जल्द ही सरकार की सहमति के लिए कैबिनेट में भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से चश्मा वितरण की योजना है इस योजना से लगभग अस्सी लाख लोगों को लाभ मिलेगा मेडिकल और डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम घोषित कर दिए गए राजस्थान के नलिन खंडेलवाल पहले दिल्ली के भाविक बंसल दूसरे और उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक तीसरे स्थान पर रहे उधर पटना के रहने वाले अपूर्व राघव बिहार टॉपर बने हैं वहीं नालंदा जिले के गौतम कुमार ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है नीट परीक्षा में बिहार के छिहत्तर हजार पांच सौ छत्तीस परीक्षार्थी शामिल हुए थे इनमें से चौबालीस हजार बानवे सफल रहे राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि हेडपोस्ट पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड नहीं करने वाले अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा है कि सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इसमें अपेक्षित बदलाव भी किया जा रहा है कुलाधिपति ने कहा कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका लाभ छात्रों को मिल रहा है प्रदेश में पन्द्रह जून के बाद मॉनसून प्रवेश करने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले भी चार पांच दिनों के अंदर लोकल सिस्टम बनने से बारिश की उम्मीद है उधर राजधानी पटना समेत राज्य भर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है कुछ हिस्सों में हल्की ब्रंदाबादी भी हो सकती है वहीं अररिया और सारण जिले में अगले चौबीस घंटों के दौरान आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गयी है उधर राजधानी पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा लेकिन उमस और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली बिहार और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में साइक्लोनिंक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बादलों की मौजूदगी दिख रही है गया का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव एक भागलपुर का पैंतीस दशमलव पांच और पूर्णिया का चौंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पीएम सम्मान योजना से राज्य के किसानों में हर वर्ष पचास हजार करोड़ रूप्ये से अधिक राशि दी जायेगी यह पैसे राज्य भर के सभी किसानों में बंटेगा इसके अलावा फसल सहायता योजना इनप्रट अनुदान योजना जैविक खेती योजना और डीजल अनुदान की राशि किसानों के खातेमें जायेयगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने गेहूं खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया है पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में गेहूं खरीद नहीं हुई है इन जिलों को पच्चीस दिनों में दो लाख टन गेहूं खरीदने का निर्देश दिया गया है श्री सिंह ने कहा कि विभाग हर दिन गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग भी करेगा राज्य सरकार ने राजकीय नलकूपों की मरम्मत और नये नलकूप लगाने के लिए करीब दो अरब रूपये के बजटीय प्रावधान किया था इनमें से अब तक सड़सठ करोड़ रूपये व्यय हो चुके हैं विभागीय सूत्रों ने बताया कि राजकीय नलक्पों के माध्यम से अगले महीने से एक लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जायेगी श्रम संसाधन विभाग एक जुलाई से प्रदेश के सभी अनुमंडल मुख्यालय में टैली और जीएसटी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलेगा अगले महीने से चौदह अनुमंडलों में इसकी शुरूआत की जायेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से कौशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को एक सौ चालीस घंटे का प्रशिक्षण दिया जायेगा इस प्रशिक्षण में युवाओं को एकाउंटेंसी की पूर्ण जानकारी दी जायेगी प्रशिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार हरसंभव प्रयास करेगी प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ी आवश्यक जानकारी देने के लिए पांच जिलों में मॉडल कैरियर सेंटर खोले जायेंगे नीति आयोग के मदद से खोले जाने वाले इन सेंटरों के लिए कटिहार बेगूसराय शेखपुरा अररिया और सीतामढ़ी जिलों का चयन किया गया है इनका संचालन जिलों में स्थापित नियोजनालयों में किया जायेगा समस्तीपुर जिले में कल रात अपराधियों ने तीन लोगों की हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि जिले के मुसरीघरारी तथा जितवारपुर में सशस्त्र अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और उनका मोटरसाइकिल लूट लिया एक अन्य घटना में जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के तारा गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हालांकि खेल से जूड़ी खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने आर्थिक सुधार की दिशा में सरकार की कोशिश को प्रमुख खबर के रूप में प्रकाशित करते हुए लिखा है रोजगार विकास के मोर्चे पर मोदी इसी अखबार ने एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है बाहरी व्यक्ति के नाम की गयी वसीयत वैध दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खेतों में फसल और अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई दैनिक भास्कर ने खेल की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है चहल और बूमराह ने दक्षिण अफ़ीका को दो सौ सत्ताईस पर रोका रोहित ने एक सौ बाईस रन बनाकर जीत दिलाई इस खबर के साथ आंकड़े और तस्वीरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है प्रभात खबर की सुर्खी है धर्म को बदनाम करना चाहते हैं इधर उधर की बात सोचने वाले नीट परीक्षा में पटना के अपूर्व राघव को बिहार में प्रथम और गौतम कुमार को बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त करने से जुड़ी खबर को भी अखबारों ने प्राथमिकता दी है इसके अलावा गोपालगंज में कन्यादान कर रहे पिता की मंडप से खींचकर हत्या नर्सिंग और डेंटिस को एमबीबीएस में लैटरल इंट्री से जुड़ी खबर को भी प्रमुखता मिली है

मंत्रियों के दो समितियों का किया गया गठन

और प्रदेश में पन्द्रह जून के बाद मॉनसून का होगा प्रवेश